पिछले चौबीस घंटे में चार सौ अस्सी नए कोरोना संक्रमित मरीज मिले राज्य में कुल मरीजों की संख्या बढ़कर बाईस हजार छह सौ बहत्तर हुई मुख्यमंत्री ने कहा कोरोना महामारी से निपटने के लिए राज्य सरकार उठा रही है हर जरूरी कदम कई राज्यों से बेहतर स्थिति में है झारखंड पूर्वी और पश्चिमी सिंहभूम समेत राज्य के कई जिलों में भारी बारिश की संभावना मौसम विभाग ने वज्रपात की जारी की चेतावनी भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेन्द्र सिंह धौनी ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने अपने पूरे करियर के दौरान सहयोग और समर्थन के लिये प्रशंसकों का आभार व्यक्त किया

दाहिने हाथ के मध्यमक्रम बल्लेबाज और विकेट कीपर धौनी एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैचों में सर्वाधिक रन बनाने वालों में हैं इस फॉर्मेट में उन्होंने दस हजार से अधिक रन बनाये हैं सुरेश रैना ने भी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि धौनी के साथ खेलना हमेशा सुखद अनुभव रहा है और धोनी के संन्यास लेने के बाद उन्होंने भी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से अलग होने का फैसला किया है इधर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बीसीसीआई से अपील की है कि पूर्व कप्तान महेन्द्र सिंह धौनी का विदाई मैच रांची में आयोजित हो जिसका गवाह पूरा विश्व बने श्री सोरेन ने कहा है कि इस विदाई मैच की मेजबानी पूरा झारखंड करेगा राज्य में पिछले चौबीस घंटे में चार सौ अस्सी नये कोरोना संकमित मरीज मिले हैं अब प्रदेश में कुल मरीजों की संख्या बढ़कर बाईस हजार छह सौ बहत्तर हो गयी है अच्छी बात यह है कि चौदह हजार एक सौ इक्यासी मरीज स्वस्थ भी हुए हैं अब कुल सकिय मरीजों की संख्या आठ हजार छह सौ छत्तीस रह गयी है स्वस्थ होने का दर बढ़कर बासठ दशमलव पांच चार प्रतिशत हो गया है कोरोना संकमण से राज्य में अब तक दो सौ उन्नतीस मरीजों की मौत हुई है सबसे अधिक सकिय कोरोना संकमितों की संख्या अब रांची जिले में है वहीं सबसे कम सक्रिय मरीज गोड्डा जिले में रह गए हैं जामताड़ा जिले में छह कोरोना संकमित मरीज स्वस्थ होकर कल अपने घर लौट गए वहीं आठ नए संक्रमित जिले में मिले हैं जामताड़ा जिले में कोरोना संक्रमित मरीजों के स्वस्थ होने की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है स्वस्थ होकर घर लौटने वाले मरीजों की संख्या बढ़कर एक सौ उनहत्तर हो गयी है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 गुमला जिले में कोरोना से संक्रमित मरीजो की संख्या बढ़ती ही जा रही है

श्री नायड् ने फेस बुक पोस्ट में जोर देकर कहा कि प्रत्येक नागरिक की शिक्षा रोजगार स्वास्थ्य सुविधाओं भोजन पेय जल और स्वच्छता तक पहुंच होनी चाहिए

उपराष्ट्पति ने कहा कि युवाओं को कुशल बनाकर हम युवा आबादी का लाभ उठा सकते हैं उन्होंने कहा कि हमें गरीबी उन्मूलन सामाजिक और स्त्री पुरूष के बीच असमानता समाप्त करने और भ्रष्टाचार उन्मूलन के लिए नई ऊर्जा और संकल्प के साथ काम करना चाहिए उन्होंने जोर दिया कि अब हमें अंत्योदय और सर्वोदय के मुख्य सिद्धांतों के आधार पर कार्य करना चाहिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को उनकी दूसरी पृण्यतिथि पर भावभीनी श्रद्दांजलि अर्पित की है उन्होने कहा कि राष्ट्र की प्रगति के प्रति अटल जी की उल्लेखनीय सेवाएं हमेशा याद रखी जाएगी

स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कल शाम आकाशवाणी से राज्यवासियों को संबोधित करते हुए कहा कि देश की अर्थव्यवस्था हो या सुरक्षा का मामला झारखंड के सपूतों ने इन सभी में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है श्री सोरेन ने कहा कि राज्य सरकार प्रत्येक वर्ग के विकास के लिए प्रसासरत है राज्य को सशक्त और विकसित बनाने के लिए मिलजुलकर कार्य किया जा रहा है उन्होंने कहा कि वर्तमान में पूरा विश्व कोरोना संकमण से प्रभावित है झारखंड भी इससे अछूता नहीं है उन्होंने कहा कि इस चुनौती से निपटने के लिए राज्य सरकार निरंतर कार्य कर रही है उन्होंने राज्य के कोरोना वॉरियर्स को सलाम करते हुए कहा कि राज्य के चिकित्सकों नर्स पुलिस और इसमें शामिल उन सभी लोगों का आभार प्रकट करते हैं जो कोरोना संक्रमितों की सेवा में लगे हैं गढ़वा जिले के चिर प्रतीक्षित भागोडीह सुपर पावर ग्रिड सब स्टेशन का उद्घाटन कल किया जायेगा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन रांची से ही राज्य के पांच अन्य नवनिर्मित सुपर पावर ग्रिड सब स्टेशन के साथ भागोडीह ग्रिड का भी ऑन लाइन उद्घाटन करेंगे

ग्रिड की उद्घाटन तिथि दो दिनों के लिये बढ़ानी पड़ी है इसके उद्घाटन से गढ़वा और पलामू जिले में बेहतर विद्युत् आपूर्ति होने लगेगी केंद्र सरकार ने एक विज्ञापन में प्रधानमंत्री किसान ट्रैक्टर योजना के तहत किसानों को आधे दाम पर ट्रैक्टर दिए जाने के दावे को गलत बताया है केंद्र ने इस विज्ञापन को फर्जी बताते हुए कहा है कि ऐसी कोई योजना लागू नहीं है केंद्र ने लोगों से कहा कि वे ऐसे निराधार दावों और विज्ञापनों के छलावे में न आएं केंद्र ने यह भी अपील की है कि किसी सरकारी योजना से संबंधित पंजीकरण कराने या दस्तावेज प्राप्त करने से पहले अच्छी तरह तथ्यों की जानकारी लें केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रवि शंकर प्रसाद ने एक हजार दिन में देश के प्रत्येक गांव तक ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाने की प्रधानमंत्री की घोषणा का स्वागत किया है

पिछले पांच वर्ष में लगभग डेढ़ लाख ग्राम पंचायतों को ऑप्टिकल फाइबर केबल से जोड़ दिया गया प्रधानमंत्री ने यह भी घोषणा की कि अगले एक हजार दिन में लक्षद्वीप को समुद्री ऑप्टिकल फाइबर केबल से जोड़ दिया जाएगा केन्द्रीय युवा कार्य और खेल मंत्री किरेन रिजिजू ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर पूरे देश में फिटनेस को बढावा देने के लिये फिट इंडिया यूथ क्लब की शुरूआत की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फिट इंडिया कार्यक्रम के तहत शुरू फिट इंडिया यूथ क्लब अभियान का लक्ष्य युवाओं को फिटनेस के बारे में जागरूक करना है

जम्मू कश्मीर में वैष्णो देवी यात्रा आज से शुरू हो रही है

श्रीमाता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी रमेश कुमार ने कहा कि पहले सप्तााह के दौरान प्रत्येक दिन सिर्फ दो हजार श्रद्वालुओं को ही यात्रा की अनुमति होगी इनमें एक हजार नौ सौ श्रद्धालु जम्मू कश्मीर के और शेष एक सौ बाहर के होंगे श्री कुमार ने बताया कि यात्रा पंजीकरण काउंटर पर भीड़भाड़ से बचने के लिए केवल ऑनलाइन पंजीकरण के बाद ही यात्रा की अनुमति दी जाएगी श्रद्वालुओं को अपने मोबाइल फोन में आरोग्य सेतु ऐप इंस्टॉल करना होगा फेस मास्क लगाना अनिवार्य होगा और प्रत्येक यात्रा प्रवेश स्थल पर थर्मल स्कैनिंग की जाएगी राज्य में पूर्वी और पश्चिमी सिंहभूम सिमडेगा सरायकेला खरसावां पलामू गढ़वा चतरा कोडरमा लातेहार और लोहरदगा जिले में आज भारी बारिश की संभावना जतायी गयी है मौसम विभाग के अनुसार रांची जिला समेत आसपास के क्षेत्रों में आज सुबह से ही रूक रूक कर बारिश हो रही है मौसम विभाग ने इस दौरान वज्रपात की भी चेतावनी जारी की है भारतीय मौसम विज्ञान केन्द्र रांची की ओर से जारी पूर्वाअनुमान में बताया है कि कल से उन्नीस अगस्त तक हल्के और मध्यम दर्जे की बारिश हो सकती है मौसम विभाग ने यह भी बताया है कि कल प्रदेश के मध्य और उत्तरी हिस्से संथाल परगना में एक दो जगहों पर भारी बारिश हो सकती है इधर लगातार अच्छी बारिश होने से किसानों में खुशी है पश्चिमी सिंहभूम जिले के नक्सल प्रभावित गुदड़ी थाना क्षेत्र के लोढ़ाई से प्रतिबंधित संगठन पीएलएफआई के चार सदस्यों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है

इनके पास से दो पिस्तौल दो मैगजीन दो बाइक चार मोबाइल और पोस्टर बरामद किए गए हैं